श्री कमलनाथ ने कहा कि रिपोर्ट में जिस तरह से पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल की वित्तीय अनियमितताएं और वित्तीय प्रबंधन की कमजोरियां उजागर हुई हैं उससे करोड़ों रुपये के नुकसान की बात सामने आयी है उन्होंने कहा कि सारे मामलों की जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी

बघेल निरीक्षण नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने आज इंदौर के उज्जैनी गांव स्थित नर्मदा क्षिप्रा संगम स्थल का दौरा कर क्षिप्रा में जल भराव की व्यवस्था का जायजा लिया श्री बघेल ने इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव रजनीश वैश्य से लिंक परियोजना की कार्यप्रणाली समझी उन्होंने क्षिप्रा नदी में पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं गौरतलब है कि पिछले दिनों शनि अमावस्या के अवसर पर उज्जैन की क्षिप्रा नदी में श्रद्वालुओं के कीचड़ मिले पानी में नहाने का मामला सामने आया था जिसके बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए उज्जैन संभागायुक्त और कलेक्टर को हटा दिया था कर्जमाफी सूची मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना में किसानों को पात्रतानुसार हरे सफेद और गुलाबी रंग के आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे ऋणी किसानों की सूची प्रकाशन के बाद आधार नंबर वाले किसानों को हरे रंग के आवेदन पत्र तथा गैर आधार वाले किसानों का सफेद रंग के आवेदन पत्र जमा करने होंगे हरी अथवा सफेद सूची में दी गई जानकारी पर आपत्ति या दावा प्रस्तुत करने का अधिकार किसानों को दिया गया है

राष्ट्रीय परिषद बैठक भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की दो दिन की बैठक आज नई दिल्ली के रामलीला मैदान में शुरू होगी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इसका उदघाटन करेंगे देश के सभी भागों से लगभग बारह हजार प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल समापन सत्र को संबोधित करेंगे

तीन दिन के इस आयोजन में दुनिया भर से भारतीय मूल की जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी

पुण्यतिथि शास्त्री देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को उनकी पुण्य तिथि पर आज प्रदेश के नागरिकों ने श्रद्वांजलि दी और उनके योगदान को याद किया मुख्यमंत्री कमल नाथ ने स्वर्गीय श्री शास्त्री को श्रद्वांजलि देते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया लिटरेचर फेस्ट भोपाल लिटरेचर और आर्ट फेस्टिवल की पहली कड़ी कल से शुरू हो रही है भारत भवन में होने वाले इस तीन दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल का उदघाटन मुख्यमंत्री कमलनाथ करेंगे वहीं केन्द्रीय पर्यटन मंत्री केजे अलफोन्स भी उदघाटन सत्र में शामिल होंगे इस लिटरेचर फेस्टिवल में देश विदेश के जाने माने लेखक चिंतक और अलग अलग विधाओं के कलाकार भाग लेंगे मौसम पिछले तीन दिनों में प्रदेश के तापमान में ज्यादा परिर्वतन नहीं हुआ है कल प्रदेश का सबसे कम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस खजुराहो और नौगांव में दर्ज किया गया